भाजपा ने भरतपुर से रंजीता कोली को करौली धौलपुर से डॉ मनोज राजौरिया और बाड़मेर से कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है राजसमंद सीट से दीया कुमारी भाजपा की प्रत्याशी होंगी दौसा लोकसभा सीट पर पार्टी अभी भी अपने प्रत्याशी के नाम पर फैसला नहीं कर पायी है टिकट की घोषणा के बाद मीडियां से बातचीत में सुश्री दीया कुमारी ने केन्द्रीय नेतृत्व और संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया

पार्टी ने जयपुर सीट ं से पूर्व आईएएस अधिकारी उमराव सालोदिया बाड़मेर से पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी जोधपुर सीट से मुकुल पंकज चौधरी जालौर से भागीरथ विश्नोई पाली से शिवराम मेघवाल तथा चित्तौडगढ़ से डॉ जगदीश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है

निर्वाचन विभाग के अनुसार भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अजमेर सीट से गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर तथा चन्द्र प्रकाश ने चित्तौडगढ सीट से पर्चे भरे उदयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा तथा राजसमंद से देवकीनंदन ने अपने नामांकन दाखिल किए इनके अलावा अजमेर सीट से बसपा के द्र्गालाल रैगर पाली से निर्दलीय परसराम और रामलाल ने जोधप्र सीट से निर्दलीय विशेक विश्नोई ने कोटा से निर्दलीय लक्ष्मण कुमार बैरवा तथा महेश कुमार बेनीवाल ने पर्चे भरे इसके अलावा चित्तौड़गढ से निर्दलीय गोपाल ने मोहम्मद इमतियाज ने तथा बसपा प्रत्याशी रमेश ने भी नामांकन पेश किए

सर्वाधिक छ नामांकन चित्तौड़गढ सीट से तथा पांच नामांकन पाली लोकसभा सीट से भरे गये

पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब केवल चार दिन शेष हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए देशभर में रैलियां कर रहे हैं

सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयप्र से लोकसभा प्रत्याशी रघ्वीर मीणा के समर्थन में जनसभा को सम्बोधित किया श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने मेवाड़ के विकास में कोई कसर नहीं छोडी है जनसभा में पार्टी की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना मुद्रा योजना और स्वच्छ भारत योजना जैसी जनहित की योजनाओं को राज्य सरकार के साथ मिलकर जनता के लिए जो काम किये उससे पूरे देशी की जनता लाभान्वित हुई है उन्होंने राज्य में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव की ये लड़ाई धन बल और जन बल के बीचे की है

इसके तहत नागौर जिले में मत का महत्व और मतदान संकल्प को लेकर जागरूकता शपथ बोर्ड लगाया गया है इसी कम में सवाईमाधोपुर में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से मतदान करने की अपील की जा रही है जिला निर्वाचन अधिकारी और स्टेशन अधीक्षक ने यात्रियों को मतदान का संकल्प भी दिलाया सीकर में जागरूकता कार्यक्रम के तहत दिवारों पर चित्र बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है

वायुसेना ने कहा है कि उसके पास इस बात के प्रख्ता प्रमाण हैं

हिन्दू पांचांग के मुताबिक चैत्र माह के पहले दिन से यह शुरू होता है इसे विक्रमी संवत भी कहते है प्रदेश में नवसंवत्सर के मौके पर विभिन्न आयोजन किये जा रहे है बीकानेर में नये साल के आगमन पर शहर के प्रमुख चौराहों को सजाया गया है इसके साथ ही चैत्र नवरात्र की भी आज से शुरूआत हो गई है घरों और मंदिरों में घट स्थापना की जा रही है

राजधानी जयपुर के आमेर महल स्थित शिला माता मंदिर में भी आज घट स्थापना की गई

हमारे बांसवाडा संवाददाता ने बताया कि शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धाल् पहुंच रहे है

जैसलमेर की तनोट राय माता मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने विशेष इंतजाम किये हैं सिरोही में भी नवरात्र के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन किये जा रहे हैं

जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने इस अवसर पर आयोजित गणगौर मेले और गणगौर माता की सवारी के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में पशुबलि और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा

झंडे का जुलुस सरवाड़ कस्बे के बस स्टेण्ड गांधी चौक होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा जहां बुलंद दरवाजे पर परम्परागत तरीके से झंडा चढाकर उर्स का आगाज किया गया

वन्य जीव विशेषज्ञ ने पैंथर पर नजर रखने के लिए घना प्रशासन द्वारा कई जगह ट्रैक कैमरे लगवाए हैं इसके साथ ही पर्यटकों को भी सतर्क रहने को कहा गया है

्र बीकानेर जिले के लूणकरनसर क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में पुलिस के सहायक उप निरीक्षक की मौत हो गयी ् अलवर जिले की अकबरपुर रेंज के पूनखर गांव में आज एक फार्म हाऊस में पैंथर के घूस जाने से अफरा तफरी मच गयी मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैकुलाइज कर वापस सरिस्का के जंगल में छोड़ दिया

ये खिलाड़ी कल से बारह अप्रैल तक लुधियाना में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे

् बीकानेर के मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर खडी तीन गाडियों में आग लगने से वे जलकर राख हो गयीं